भारतीय रिज़र्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की प्रमुख बाजार दरों में कोई परिवर्तन नहीं

उन्होंने पिछले बाईस दिनों में सत्ताईस हजार कोरोना के एक्टिव केस कम होने पर संतोष व्यक्त किया है

उन्होंने लखनऊ कानपुर नगर प्रयागराज मेरठ गाजियाबाद गौतमब्द्वनगर और वाराणसी में विशेष सतर्कता बरतते हुए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों में आवश्यक दवाओं मेडिकल उपकरण और ऑक्सीजन की सुचारू उपलब्धता बनाये रखने के भी निर्देश दिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ग्रामीण भारत में आमूल परिवर्तन लाने और करोड़ों भारतीयों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये प्रोपर्टी कार्ड वितरित करने की स्वामित्व योजना का शमारम करेंगे इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गांवों के संपत्ति धारकों को उनके मालिकाना हक के रिकॉर्ड के रूप में संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है देशभर में चार साल में चरणबद्व तरीके से इसे लागू किया जा रहा है और करीब छह लाख बासठ हजार गांवों को इसके दायरे में लाया जायेगा स्वामित्व योजना पर अमल से करीब एक लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल पर प्राप्त हुए एसएमएस लिंक के जरिये संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें भी छपा हुआ संपत्ति कार्ड लोगों को वितरित करेंगीं इस योजना के इस चरण के लाभार्थी देश के छह राज्यों के सात सौ तिरसठ गांवों से हैं इनमें उत्तर प्रदेश के तीन सौ छियासी हरियाणा के दो सौ इक्कीस महाराष्ट्र के एक सौ मध्य प्रदेश के चौवालिस उत्तराखंड के पचास और कर्नाटक के दो गांव शामिल हैं सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को कथित रूप से निशाना बनाने के लिए कांग्रेस की निन्दा की है उन्होंने कहा कि भारत की जनता मीडिया की स्वतंत्रता पर आघात बर्दाश्त नहीं करेगी श्री जावड़ेकर की यह प्रतिक्रिया मम्बई पुलिस के इस दावे के बाद आई है कि उसने टेलीविजन कार्यक्रमों की लोकप्रियता टीआरपी के आंकड़ों में छेड़छाड़ के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है उन्होंने कहा कि स्वतंत्र प्रेस भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग और संविधान का आदर्श है श्री जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी लोकतंत्र के सभी सिद्दांतों के खिलाफ मीडिया को निशाना बना रहे हैं केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार आज दोपहर पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जायेगा श्री पासवान का ब्रहस्पतिवार को दिल्ली में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था उनका पार्थिव शरीर कल रात विमान से पटना पहुंचा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल दिल्ली में श्री पासवान के निवास स्थल पर जाकर दिवंगत नेता को श्रद्वाजलि अर्पित की और परिवार के लोगों को सात्वना दी प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने शोक सन्देश में कहा है कि वह जमीन से जुड़े राजनेता थे जिन्होंने हमेशा गरीब और वंचितों के लिए संघर्ष किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री पासवान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि रामविलास पासवान एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता थे भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दरों को बरकरार रखा है रिजर्व बैंक ने कल मुम्बई में अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की रिवर्स रेपो दर पहले की तरह तीन दशमलव तीन पांच प्रतिशत और रेपो दर चार प्रतिशत पर बरकरार रहेगी रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल यह घोषणा की मौद्रिक नीति समिति ने कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष तक आवश्यकतानुसार यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारी से लड़ाई के निर्णायक दौर में प्रवेश कर रही है शक्तिकांत दास ने बड़ी घोषणा करते हुए प्रस्ताव किया कि दिसम्बर दो हजार बीस से आरटीजीएस के जरिये पैसे के अंतरण की सुविधा रात दिन उपलब्ध कराई जाएगी उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक तरलता और आसान वित्तीय शर्तों के लिए बाजार प्रतिभागियों को आश्वस्त करने के उद्देश्य से सभी आवश्यक उपाय करने के लिए तैयार है प्रदेश में सात विधानसभा सीटों के लिये होने वाले उप निर्वाचन की कल अधिसुचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन की प्रकिया शुरू हो गयी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार इन समी सीटों पर तीन नवम्बर को मतदान कराया जायेगा जिन सीटों पर चुनाव होना है वे है अमरोहा जनपद की नौगावा सादात बुलन्दशहर जनपद की बुलन्दशहर फिरोजाबाद की टूडला उन्नाव की बांगरमऊ कानपुर नगर की घाटमपुर देवरिया की देवरिया सीट और जौनपुर की मल्हनी सीट इनमें से टूडला और घाटमपुर विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित है आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार सोलह अक्टूबर को नाम निर्देशन की आखिरी तारीख होगी सत्रह अक्टूबर को पर्चो की जांच होगी और उन्नीस अक्टूबर तक पर्चे वापस लिये जा सकेंगे कार्यक्रम के अनुसार तीन नवम्बर को इन सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव कराया जायेगा और दस नवम्बर को मतगणना होगी आयोग के अनुसार बारह नवम्बर से पहले निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया सम्पन्न की जानी है

अभियान के दौरान बचाव ही वैक्सीन है पर जोर दिया गया विमिन्न राजनेताओं प्रेरक लोगों गायकों और चिकित्सकों से जागरूकता की अपील जारी कराई गयी शिया धर्म गुरू मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए कोरोना पर जागरूकता जरूरी है

महंत दिव्यागिरि ने कहा कि बचाव से ही कोरोना महामारी से सुरक्षित रहा जा सकता है पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा बैनर और पोस्टर के माध्यम से जागरूकता अमियान चलाया गया कानपुर में सांसद सत्यदेव पचौरी ने लोगों को कोरोना पर जागरूक किया पिछले छत्तीस घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के तीन हजार दो सौ उन्वास नये मामले मिले जबकि इस दौरान कोरोना से चार हजार चार सौ चौबीस मरीज स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश में तीन लाख तिरासी हजार छियासी लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं पिछले छत्तीस घंटों में कोरोना से अड़तालिस लोगों की मौत हुई और अब तक राज्य में कोरोना से छः हजार दो सौ तिरान्नबे लोगों की मौत हुई है इस समय प्रदेश में इकतालिस हजार दो सौ सतासी कोरोना के सक्रिय मामले हैं लखनऊ अभी भी कोरोना संक्रमण का केन्द्र बना हआ है जहां विगत छत्तीस घटों में कोरोना के चार सौ नौ नये मामले सामने आये वहीं प्रयागराज में एक सौ अट्ठावन गाजियाबाद में एक सौ छियासी गोरखपुर में एक सौ अट्ठासी और कानपुर में एक सौ चौदह नये मामले मिले राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर लगातार बढ़कर अब अट्ठासी दशमलव नो पांच प्रतिशत हो गयी है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि बिजली उपमोक्ताओं के हितों में कोई भी ढिलाई स्वीकार नहीं की जायेगी उन्होंने कहा लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी श्री शर्मा कल लखनऊ विद्युत उपभोक्ता सेवाओं की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि यदि कर्मचारी उनके यहां मीटर रीडिंग लेने नहीं आ रहे हैं तो संबंधित की शिकायत एक नौ एक दो पर जरूर करें उन्होंने कहा कहा कि अब उपमोक्ता देवभव नीति पर सभी अधिकारियों को चलना है